राज्य के कई स्थानों पर शीतलहर के हालात माउंटआबू में आज भी पारा जमावबिन्दु से नीचे दर्ज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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने दोहराया कि कृषि मंत्री बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक फोन पर उपलब्ध हैं

यह बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई

संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसानों को आगे बढना चाहिए और सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि सदन में व्यापक बहस को संसद का सुचारू कामकाज आवश्यक है

इससे राज्य की दो तिहाई आबादी को फायदा मिलेगा

योजना के तहत सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त ईलाज कराया जा सकेगा इस योजना के नये चरण में पैकेज एक हजार चार सौ से बढाकर एक हजार पांच सौ छियेत्तर कर दिये गये हैं

इसमें से अस्सी फीसदी खर्चा राज्य सरकार करेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रही है और इस संबंध में जनता की ओर से मिलने वाले सुझावों को लागू किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से बचाव का टीका लगाने के मामले में राजस्थान अच्छा काम कर रहा है

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला कियान्वयन समितियां इस योजना की निगरानी करेगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है

शहीद दिवस के अवसर पर आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता का व्यक्तित्व युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया है जिसे आने वाले समय में विभाग के रूप में बदला जाएगा श्री गहलोत ने कहा कि गांधी जी के विचारों को लेकर एक पोर्टल भी बनाया गया है शहीद दिवस के मौके पर बूंदी में स्काउट और गाइड की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई प्रतापगढ़ में दो मिनट का मौन रखकर बापू को याद किया गया और उनके बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया झालावाड़ में भी दो मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धाभाव से याद किया गया

बीकानेर में कांग्रेस र्सेवा दल की ओर से बापू को श्रद्वासुमन अर्पित किये गये उदयपुर में खंड और ब्लॉक स्तर पर भी श्रद्वाजलि कार्यकम हए इस अवसर पर फिल्म प्रभाग की ओर से फिल्म गांधी री डिस्कवर्ड का प्रदर्शन किया जा रहा है इसे फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है

साथ ही समी विश्वविद्यालयों में पहले से स्थापित गांधी अध्ययन केन्द्रों को फिर से शुरू किया जाएगा और जहां ये केन्द्र नहीं है वहां खोले जायेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फेंन्सिंग से जोधपूर विश्वविद्यालय जोधपूर में नव स्थापित गांधी अध्ययन केंद्र के कार्यालय का उद्घाटन समारोह में ये बात कही

कमान के कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने परमवीर चक विजेता कर्नल होशियार सिंह की वीरांगना धन्नों देवी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया उन्होंने इसी युद्ध में शोर्य दिखाने वाले महावीर चक विजेता ब्रिगेडियर भवानी सिंह के परिजन पद्मनाभ सिंह को भी सम्मानित किया

इसके बाद राजस्थान कर्नाटक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहाँ कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है

इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हये नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉ रूपाली मलिक ने बताया कि कोविड़ टीकाकरण के लिए लाभार्थी को तय समय से आधा घंटा पहले पहुंचाना होगा उन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी होने पर स्वास्थ्य अधिकारी ए एन एम या आशा को इसकी जानकारी दी जा सकती है टीकाकरण स्थल पर सुरक्षित दूरी मास्क पहनने और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा

इस अवसर पर देश की प्रथम महिला संविता कोविंद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे कल पोलियो टीका पिलाने का पहला दिन होगा इसे राष्ट्रीय टीका दिवस या पॉलियो रविवार भी कहा जाता है इस बीच प्रदेश भें पोलियो रविवार से पहले आज कई स्थानों पर जागरूकता रैलियां निकाली गई बूंदी में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जिले के कई स्थानों पर रैली निकालकर लोगों को पोलियो अभियान के बारे में बताया गया

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर और